प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि आज दो कृषि विधेयकों का पारित किया जाना भारतीय कृषि इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है

लोकसभा में ये विधेयक पहले पारित कर दिये गये थे आज राज्यसभा में इन विधेयकों पर चर्चा के दौरान विपक्षी पार्टियों ने इन्हें पारित करने से पहले सलैक्ट कमेटी के पास भेजे जाने की मांग की जिसकों सदन ने बहमत से रदद कर दिया जब केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर इन विधेयकों पर बहस पर जबाब दे रहे थे तब सदन के उपसभापति हरिवंश ने मंत्री के जवाब तक सभा की कार्यवाही बढ़ाने के लिए सदन की सहमति मांगी तब कांग्रेस आम आदमी पार्टी तथा कुछ अन्य पार्टियों के सदस्यों ने सदन की कार्यवाही स्थगित करने की मांग की इस पर विरोधी दल के सदस्य अपने आसन से खड़े हो गये और शौर शराबा श्रू कर दिया इससे उपसभापति ने केन्द्रीय कृषि मंत्री को अपना भाषण जारी रखने को कहा श्री तोमर ने अपने जवाब में कहा कि केन्द्र सरकार ने किसानों की आमदनी दुगनी करने के लिए बहत से कदम उठाये है

श्री तोमर न इन विधेयकों को ऐतिहासिक विधेयक बताते हये कहा कि इनके कानून बनने से किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आयेंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि आज दो कृषि विधेयकों का पारित किया जाना भारतीय कृषि इतिहास में महत्वपूर्ण घटना है अपने टवीट संदेशों के माध्यम से उन्होंने मेहनतकश किसानों को इसके लिए बधाई दी विधेयकों के संसद में पारित होने से करोड़ों किसानों को लाभ मिलेगा और कृषि क्षेत्र में एक बड़ा और बेहतर बदलाव आयेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय कृषक दशकों से कई दायरों में बंधा हआ था और बिचौलियों के हाथों का खिलौना था लेकिन अब इन कृषि विधेयकों के पारित होने से उन्हें इन सारी चुनौतियों से मुक्त कर दिया है प्रधानमंत्री ने कहा कि विधेयकों के पारित होने से कृषकों को नई तकनीक की उपलब्धि सुगम होगी जिससे उत्पादन बढ़ेगा और अच्छी पैदावार मिलेगी श्री मोदी ने इस बात पर बल दिया कि उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य बरकरार रहेगा और सरकारी खरीद जारी रहेगी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जे पी नड़डा ने कृषि विधेयकों को ऐतिहासिक बताते हये कहा है कि ये किसानों के लिए लाभदायक होंगे संसद भवन के बाहर पत्रकारों से बातचीत में श्री नड़डा ने कहा कि आज पारित किये गये विधेयकों से किसानों को बिचौलियों से राहत मिलेगी और उन्हें अपने उत्पादों को ख्ले बाज़ार में बेचने की स्विधा मिलेगी श्री नड़डा ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि संसद में इन विधेयकों के पारित होने के दौरान सही रवैया नहीं अपनाया जो दुर्भग्यपूर्ण है और उन्होंने लोकतंत्रीय प्रक्रिया का अपमान किया है

उन्होंने कहा कि ये बिल कृषि एवं किसान दोनों को ही आत्मनिर्भर बनाने में कारगार सिद्ध होंगें

इन बिलों के पास होने से अब किसान स्वय या किसान उत्पादन समूहों के माध्यम से अपनी उपज देश के किसी भी राज्य की मंडियों में बेच सकेंगे कृषि से जुड़े तीन अध्यादेशों को लेकर हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसानों से सड़क यातायात को न रोकने की अपील करते हए कहा कि कांग्रेस व पंजीपति नहीं चाहते कि किसान समृद्ध हों और उनके बच्चे कामयाब हों कृषि मंत्री जेपी दलाल आज जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सूनी और संबंधित अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए कृषि मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी दवारा किसान हितैषी फैसले लेने से विपक्ष परेशान है कि इस तरह किसानों के हक में फैसले होते रहे तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी उपमुख्यमंत्री द्वष्यंत चौटाला ने कहा है कि केन्द्र सरकार के कृषि सम्बधित नये अधयादेशों में कही भी फसलों के एमसीपी को समाप्त करने की बात नहीं कही गई है किसानों को फसल अनाज मंडियों में बिना रूकावट के निर्धारित न्यूनतम समर्थमन मूल्य पर ही खरीदी जायेगी और ज्यादा कीमत का अवसर मिलने पर किसान चाहेंगे तो ओपन मार्केट में बेच सकेंगे

प्रदेश के उप म्ख्यमंत्री ने अपने आवास पर पत्रकारों के सवालों के जवाब में ये बाते कही द्वष्यंत चौटाला ने कहा कि किसानों के लिए एमएसपी का अधिकार बरकरार रहेगा और इस विषय पर आम लोग किसी के बहकावे में न आयें

यहा प्रदेश के ग़हमंत्री अनिल विज ने रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र वितरित किये और कहा कि इस पूनीत कार्य के लिए हर स्वस्थ व्यक्ति को अपनी भागीदारी करनी चाहिए फरीदाबाद में आज बीजेपी इकाई द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर का उदघाटन हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने किया

पंचकूला में भी दो मरीज़ांध की कोविड के कारण मृत्यु होने का समाचार है

सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इसमें लगभग एक करोड़ बारह लाख रूपये की लागत से दो पार्क बनायें जायेंगें

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री नेता भूपेंद्र सिंह हड़डा ने आर्य समाज के योगदान को सराहा है उन्होंने कहा है कि चाहे आजादी का आंदोलन हो या फिर शिक्षा का क्षेत्र आर्य समाज की हर क्षेत्र में अहम भूमिका रही है

आज हरियाणा में तीन दिन चलने वाले पल्स पोलियों अभियान की शुरूआत हो गई है जिसके तहत पांच वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाई जा रही है